इनमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में निर्मित पर्यटन व्यापार भवन बनगढ़ के आईआरबी परिसर में आवास के उद्घाटन भी शामिल हैं

जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि ऊना ज़िले में स्वां तटीकरण परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और शेष कार्य को पूरा करने के लिए वित्त पोषण का मामला केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया गया है प्रैस दिवस आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है

आज ही के दिन भारतीय प्रैस परिषद ने कार्य करना शुरू किया जिस का गठन प्रेस के उच्च मानदंड बनाए रखने और उसे बाहरी पाबंदियों दबावों और खतरों से बचाने के लिए नैतिकता के प्रहरी के रूप में किया गया था केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडियाकर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं इस अवसर पर भारतीय प्रैस परिषद द्वारा आयोजित एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि प्रैस की आजादी पर हमला उचित नहीं है इधर शिमला में राष्ट्रीय प्रैस दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि समाज के प्रति पत्रकारों की जिम्मेदारियां व कार्य सराहनीय है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी राष्ट्रीय प्रैस दिवस पर पत्रकारों को बधाई दी है

सभी मृतक बिहार के बताए जा रहे हैं जो लुधियाना से मज़दूरी करने के लिए मंडी जा रहे थे पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है

परमार ने कहा कि इस दौरान सामाजिक दूरी के साथ साथ विधानसभा परिसर में प्रवेश पर मास्क पहनना भी जरूरी होगा विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा परिसर में सुविधाओं का निरीक्षण भी किया और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए भाई दूज भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक भाई दूज पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बहनों ने अपने भाई की कुमकुम दीपक व फूल से विधिवत पूजा कर उनकी दीर्घायु की कामना की सोलन में भी इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया गया और भाई बहनों ने एक दूसरे की खुशहाली की कामना की इस बीच अन्नकूट का पर्व भी कुल्लू के सुल्तानपुर स्थित भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में श्रद्धा के साथ मनाया गया भगवान रघुनाथ जी के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि इस दिन नई फसल पककर तैयार होती है और इसी फसल का भोग भगवान रघुनाथ जी को लगाया जाता है